बजट में आत्मनिर्भर भारत पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है इसके लिए छह प्रमुख क्षेत्रों पर जोर दिया गया है ये हैं स्वास्थ्य तथा कल्याण भौतिक तथा वित्तीय प्रंजी और अवसंरचना आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास मानव संसाधन में नवजीवन का संचार नव परिवर्तन अनुसंधान और विकास तथा न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि बजट प्रस्तावों से किसानों की आय दोगुनी करने मजबूत बुनियादी ढांचा स्वस्थ भारत सुशासन युवाओं के लिए अवसर सबके लिए शिक्षा महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास के प्रति सरकार की संकलपबद्धता व्यक्त होती है बजट में पचहत्तर वर्ष से ऊपर आयु के वरिष्ठ नागरिकों और केवल पेंशन पर निर्भर व्यक्तियों को आयकर रिटर्न भरने से छूट दी गई है बजट में उज्जवला योजना के तहत केन्द्र सरकार ने इसमें और एक करोड़ परिवारों को शामिल करने का प्रस्ताव किया है वित्त मंत्री ने कहा कि एक नई केन्द्र प्रायोजित योजना पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना चौसठ हजार एक सौ अस्सी करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ छह वर्ष के लिए शुरू की जाएगी

राज्यों में सभी जिलों में एकीकृत लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं और तीन हजार तीन सौ बयासी ब्लॉक लोक स्वास्थ्य इकाइयां स्थापित की जायेंगी वहीं छह सौ दो जिलों और बारह केन्द्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक स्थापित किया जाएगा वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में कोरोना वैक्सीन के लिए पैंतीस हजार करोड़ रुपए प्रदान किये गए हैं और आवश्यकता होने पर अधिक राशि देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है किसानों को समुचित ऋण प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष में कृषि ऋणों का लक्ष्य बढ़ाकर सोलह लाख पचास हजार करोड़ रूपये निर्धारित किया है बजट प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि इस बजट से उद्योग निवेश और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में बहुत सकारात्मक बदलाव होंगे उन्होंने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस बजट में आत्मनिर्भरता के द्रष्टिकोण को देखा जा सकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य और आरोग्य पर आधारित इस बजट से सबको फायदा होगा उन्होंने कहा कि इस बजट से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने केन्द्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को आत्मनिर्भर भारत का बजट बताया रायपुर में पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस बजट में किए गए प्रावधानों से रोजगार के नये अवसर खुलेंगे विदेशी निवेश बढ़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में और बेहतर काम हो सकेगा डॉक्टर सिंह ने उम्मीद जताई कि इस बजट का लाभ छत्तीसगढ़ को भी मिलेगा वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने आम बजट को देश की जरूरतों को ध्यान में रखकर लोगों को राहत पहुंचाने वाला बजट बताया है उन्होंने इस बजट को विकास की उम्मीदों से भरा संतुलित बजट बताया है इसी तरह विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आम बजट को देश को आर्थिक विकास की दिशा में आगे ले जाना वाला बताया है इसके अलावा सांसद डॉक्टर सरोज पांडेय ने भी आम बजट में महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रावधानों को देश की मातुशक्ति का सम्मान बताया है दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने केंद्रीय बजट को पूंजीपतियों के लिए तैयार किया गया बजट बताया है उन्होंने आरोप लगाया कि यह बजट जमीनी वास्तविकता से दूर है और इसमें किसी भी वर्ग की जरूरतों का ध्यान नहीं रखा गया है श्री मरकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे गतिशील अर्थव्यवस्था वाले प्रदेश की जरूरतों को बजट में नजरअंदाज किया गया है

एक बयान जारी कर उन्होंने कहा है कि यह भ्रमित करने वाला बजट है और इससे आम लोगों को किसी तरह का फायदा नहीं होगा इस बीच रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किए गए विभिन्न प्रावधानों को दूरगामी परिणाम देने वाला बताया है उन्होंने कहा है कि पैंतीस हजार करोड़ रूपये कोरोना वैक्सीन के लिए आरक्षित करने से देश को कोरोना संक्रमण से मुक्त करने में मदद मिलेगी

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कुम्हाररास में स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल का लोकार्पण करने के साथ ही सुकमा में केंद्रीय लाइब्रेरी सुजन का लोकार्पण किया इससे पहले कल दंतेवाड़ा प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री की उपस्थिति में कड़कनाथ मुर्गे गारमेंट फैक्ट्री के उत्पाद जैविक खाद और वनोपज की बिक्री के लिए चार समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए कोरोना समाचार प्रदेश में कल कोरोना संक्रमित दो सौ पैंसठ नये मरीजों की पहचान की गई प्रदेश में वर्तमान में चार हजार तीन सौ सत्ताईस मामले सक्रिय हैं राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में कोरोना का संक्रमण फिलहाल कम हुआ है लेकिन इससे होने वाली मृत्यु की संख्या अभी भी ज्यादा है डॉक्टरों ने चेताया है कि लक्षण आने पर भी लोग कोरोना की जांच नहीं करा रहे हैं विशेषज्ञों का कहना है कि साठ वर्ष से अधिक आयु के लोगों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है और यदि सर्दी खांसी बुखार जैसे कोई लक्षण दिखते हैं तो उन्हें तुरंत डॉक्टर को दिखाकर कोरोना जांच कराना चाहिए वहीं कोंडागांव जिले के बड़ेराजपुर में बाईस स्कूली छात्र कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं ये सभी बच्चे ग्यारह से चौदह साल के हैं जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी तुलाराम कंवर ने बताया कि ये बच्चे मोहल्ला क्लास में पढ़ाई के लिए जा रहे थे इसी दौरान इनमें कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखे उन्होंने बताया कि कुछ बच्चों के अभिभावक भी कोरोना संक्रमित हुए हैं इन बच्चों को स्थानीय छात्रावास में आइसोलेट किया गया है वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम बड़ेराजपुर में घर घर जाकर कोरोना की जांच शुरू कर दी है सड़क हादसा बस्तर जिले में कल हुए एक सड़क हादसे में नौ महिलाओं की मौत हो गई है जबकि तेरह अन्य लोग घायल हो गए हैं मिली जानकारी के अनुसार यह घटना छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर स्थित कोटपाड इलाके में हुई है बताया जाता है कि जगदलपुर में रहने वाले एक परिवार के लोग ओडिशा के मूरताहांडी गांव में शोक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे तभी उनका वाहन अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गया हादसे में घायल लोगों का उपचार जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इधर दुर्ग नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुम्हारी के पास कल हुए एक सड़क हादसे में तीन युवकों की मृत्यु हो गई वहीं एक अन्य युवक घायल हो गया है पुलिस के अनुसार एक तेज रफ्तार कार ने पहले तो एक मोटरसाइकिल को ठोकर मार दी इसके बाद यह कार अनियंत्रित होकर खड़ी ट्रक से जा टकराई इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक युवक और कार में सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई वहीं जांजगीर चांपा जिले के बिर्रा थाना क्षेत्र स्थित करनौद गांव में भी ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक महिला की मौत हो गई घटना के बाद ट्रक चालक मौके पर फरार हो गया इससे नाराज ग्रामीणों ने मार्ग पर चक्काजाम कर दिया रोशनलाल अग्रवाल निधन रायगढ़ के पूर्व विधायक और भाजपा नेता रोशनलाल अग्रवाल का आज दोपहर नई दिल्ली में निधन हो गया श्री अग्रवाल बीते मंगलवार को भाजपा नेता ओपी चौधरी से मिलने बायंग गांव में उनके घर गए थे जहां वे सीढ़ियों से फिसलकर गिर गए और उनके सिर पर चोट आई थी रायगढ़ के अस्पताल में इलाज के बाद उन्हें नई दिल्ली के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां आज दोपहर उन्होंने अंतिम सांसें लीं कल सुबह श्री अग्रवाल का शव नई दिल्ली से रायगढ़ लाया जाएगा और यहीं उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा उनके निधन पर भाजपा और कांग्रेस के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री अग्रवाल के निधन पर दुख जताते हुए उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी श्री अग्रवाल के निधन पर शोक व्यक्त किया है इधर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने श्री अग्रवाल के निधन को भाजपा के लिए अप्रणीय क्षति बताया है वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि पार्टी ने एक निष्ठावान कार्यकर्ता और आम लोगों के हितों के लिए समर्पित नेता को खो दिया है भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह और प्रदेश भाजपा संगठन महामंत्री पवन साय ने भी श्री अग्रवाल के निधन पर शोक जताया है डीजीपी कार्रवाई राज्य के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने अवैध रूप से शराब बिक्री और तस्करी के मामले में रायपुर पुलिस के कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और सीएसपी को शो कॉज नोटिस जारी कर एक थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है डीजीपी ने यह कार्रवाई राजधानी के राजेन्द्र नगर थाना क्षेत्र में बडी मात्रा में अवैध शराब बरामद होने के बाद की है उधर जांजगीर में भी कोर्ट में चालान पेश करने के नाम पर रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होने के बाद एक एएसआई को निलंबित कर दिया गया है

इसके बाद इससे गैस का रिसाव होने लगा प्रशासन ने एहतियात के तौर पर करीब एक किलोमीटर के दायरे को सील कर दिया है साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर इस सड़क पर यातायात भी रोक दिया गया यह घटना जीई रोड पर इंदामरा गांव के पास हुई है

संचालकों को स्वच्छता और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा सुकमा जिले के मिनपा इलाके में माओवादियों द्वारा लगाया गया दो आईईडी बरामद किया गया है कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ के जवानों की सजगता से यह आईईडी बरामद किया जा सका

कोरबा जिले के कुंवरभट्टा गांव में जिला प्रशासन द्वारा एक बस्ती को खाली कराए जाने के विरोध में पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है श्री कंवर ने आरोप लगाया है कि यह मामला न्यायालय में लंबित है राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के दूसरे दिन आज स्वास्थ्यकर्मियों ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों में छूटे हुए बच्चों को घर घर जाकर पोलियो की दवा पिलाई

सूचना मिलने पर वन विभाग का अमला मौके पर पहुंच गया है